मुख्य समारोह राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में हुआ इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सबके लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने और तेजी से प्रगतिशील भारत के निर्माण की आवश्यकता है

श्री मोदी ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाये जायेंगे इस बीच स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह कांगड़ा ज़िले के इंदौरा में होगा जिसकी अध्यक्षता मुख्मयंत्री जयराम ठाकुर करेंगे

शिमला में होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज कुल्लू में सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ऊना में खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ध्वजारोहण करेंगें सिरमौर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल किन्नौर में ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा हमीरपुर में शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी लाहौल स्पीति में कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा चंबा में पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कवंर मंडी में उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर सोलन में परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह ठाकूर जबकि बिलासपुर में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल झंडा फहरायेंगे

राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि प्रदेश ने सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है जिसका श्रेय प्रदेश के मेहनतकश और ईमानदार लोगों को जाता है इस बीच कल स्वंतत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि भारत सभी के लिए बिजली की उपलब्यता खुले में शौच से मुक्ति आवास हीनता और अति गरीबी को दूर करने जैसे चिर प्रतीक्षित लक्ष्यों की प्राप्ति की दहलीज पर खड़ा है राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार जहां खेतों की पैदावार और आमदनी बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक और अन्य सुविधाये उपलब्य करवाती है वहीं किसान स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का भारत बनाने में योगदान दे रहे हैं केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू आज मनाली में बीएसएफ चंडीगढ और आदित्य मेहता फांउडेशन द्वारा आयोजित इनफिनिटी राइड फॉर दिव्यांग साईकल रैली के प्रतिभागियों का स्वागत व समापन समारोह की अध्यक्षता करेंगे यह कार्यक्रम मनाली स्थित अटल बिहारी पर्वतारोहण संस्थान में आयोजित होगा बीएसएफ के एक अधिकारी ने बताया कि पांच अगस्त को शिमला से मनाली साईकल राइड शुरू हुई थी जो आज मनाली पहुंचेगी एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर मौसम से जुड़ी खबर आज भी समाचार पत्रों में प्रमुखता लिए हुए है

दैनिक सवेरा टाईम्स के अनुसार मॉनसून के जख्मों पर मरहम लगाने को केंद्रीय मदद की दरकार

फोन टैंपिग मामले से जुड़ी खबर पर पंजाब केसरी लिखता है पूर्व डीजीपी आईडी भंडारी की शिकायत पर एफआईआरदर्ज अमर उजाला का शीर्षक है फोन टैपिंग मामले में कई अफसरो पर केस हिमाचल दस्तक के शब्द हैं झूठा फोन टैपिंग केस बनाने वालों पर एफआईदर्ज

एचपीयू शिक्षक भर्ती मामले में रजिस्ट्रार तलब दैनिक जागरण की एक खबर है स्वतंत्रता दिवस पर कर्मचारियों को सौगातों की आस शीर्षक से दैनिक सवेरा टाईम्स लिखता है कर्मचारियों को डीए आईआर दिहाड़ी बढ़ाने की घोषणा की उम्मीद इसी खबर को हिमाचल दस्तक ने सुर्खी दी है सीएम कर सकते हैं आईआर डीए की घोषणा

एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने सम्पादकीय लोग भी जागें में प्रदेश में बढ़ रहे बाल विवाह के मामलों पर रोक लगाने के लिए लोगों से जागरूक होने का आग्रह किया है दिव्य हिमाचल ने अपने सम्पादकीय में लिखा है कि सिर्फ पुलिस नशे से मुक्ति नहीं दिला सकती इसके लिए प्रत्येक नागरिक को सहयोग देना होगा शीर्षक है नशे के खिलाफ